इस चरण में चौदह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक सौ पन्द्रह निर्वाचन क्षेत्रों में तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे इस चरण में प्रदेश में दस लोकसभा सीटो के लिए चुनाव कराए जायेंगे हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि राज्य में करीब तीन लाख युवा वोटर पहली बार मतदान करेंगे आज जिन सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी उनमें मुरादाबाद रामपुर सम्भल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीमीतशामिल हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचारलखनऊ तीसरे चरण में पर्चे भरने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है इनकी जांच अगले दिन पांच अप्रैल को होगी और उम्मीदवार आठ अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे इस बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन रहा इस चरण के लिए ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नारेबाजी न करके निर्णायक कार्य किए हैं आज मेरठ में लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का प्रचार अभियान शुरू करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में समाज में या देश के किसी भी कोने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस तक विकास का लाम न पहंचा हो श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य पर चलते हुए नये भारत के निर्माण के लिए काम किया है हमारा विजन नए भारत का है ऐसे भारत का जो अपने गौरवशाली अतीत के अुनरूप ही वैमवशाली होगा एक ऐसा नया भारत जिसकी नयी पहचान होगी जहां सुरक्षा समृद्धि और सम्मान के संस्कार होगे सुरक्षा देश के दुरमनों से सुरक्षा आतंकवाद से सुरक्षा भ्रष्टाचारियों से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस दिखाया है विपक्ष की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश के विकास के लिए काम किया है जबकि विपक्ष के पास विकास की कोई स्पष्ट नीति नहीं है समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी गठबंधन को राजनीतिक अवसरवादिता बताते हए श्री मोदी ने कहा कि अगर लोगों ने इन्हें चुना तो उत्तर प्रदेश में फिर से अपराध बढ़ेंगे और विकास थम जाएगा श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की फसल का सरकारी खरीद मूल्य डेढ़ गुना करने की मांग पूरी कर दी है श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने देश के गरीबों से धोखा किया है उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने गरीवों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से साढ़े चौदह रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने के उद्देश्य से हर साल साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की सक्सिडी वाली चीनी खरीदने की योजना खत्म कर दी हैं कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तरप्रदेश में तीन दिन के चुनाव दौरे पर हैं आज उन्होंने रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा है कि भारत में हाल में हुए बदलाव देश के आर्थिक विकास और समाज के उत्थान के लिए परिवर्तनकारी हैं क्रोएशिया में कल जग्रेब विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अब नये भारत का निर्माण हो रहा है राष्ट्रपति तीन देशों की यात्राके पहले चरण में क्रोएशिया में हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन इस समय समूचे विश्व के सामने बड़ी चुनौती है और इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाना है आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में श्री नायड् ने कहा कि इसके लिए प्रकृति जानकारी और विज्ञान की पूरी सूझबूझ विकसित करना जरूरी है उच्चतम न्यायालय ने अधिकरणों के सुचारू कामकाज के लिए सभी अर्धन्यायिक निकायों को केन्द्र की एक संस्था के अंतर्गत लाने के बारे में केन्द्र से दो हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायदीशों की संविधान पीठ ने अधिकरणों में रिक्तियों से संबंधित मामलों पर विचार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण एनसीएलटी और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण एनसीएलएटी में सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की सिफारिशों को दो हफ्तों में तत्काल लागू हो जाना चाहिए